मुख्यमंत्री अशोक गहालोत ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की नहीं आने दी जाएगी कमी

कल अमरीका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला तथा सुधारोन्मुखी बनाने के प्रयास हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि सुधारों के कारण प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता डिजिटीकरण नवाचार और नीतिगत स्थिरता बढ़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि देश में पचास करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अन्य पचास करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं श्री मोदी ने यह भी कहा कि फाइव जी बिग डेटा एनालिटिक्स क्वान्टम कम्प्यूटिंग ब्लॉक चेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि इनपुट और मशीनरी आपूर्ति श्रंखला खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मछली उद्योग और जैविक उत्पाद के क्षेत्रों में निवेश के काफी अवसर हैं

न्यायाधीश अरूण मिश्रा न्यायाधीश बी आर गवेई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी इधर विधायक पृथ्वीराज मीणा तथा कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों द्वारा उच्चतम न्यायालय में केवीएट दाखिल की गई है

श्री गहलोत ने कल अपने निवास पर प्रदेश में कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी श्री गहलोत ने कहा कि जीवन बचाने के साथ आजीविका बचाना भी जरूरी है इसलिए राज्य में विभिन्न चरणों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया गया मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों तक सरकार द्वारा मंजूर की गई अनुग्रह राशि अविलंब पहुंचाने के भी निर्देश दिए बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य में कोरोना से मृत्यू दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है

मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि राजस्थान में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर नागौर और फलौदी में ड्रोन की मदद ली जा रही है इसके अलावा बेल हेलिकाफ्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है

पर्यटन विभाग के आयुक्त आलोक गुप्ता ने बताया कि इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं फिल्म निर्माताओं को उन निर्देशों का पालन करते हुए ही शूटिंग करनी होगी

मण्डोर में उनके मकान व पावटा चौराहा स्थित खाद बीज की दुकान में देर शाम तक कार्रवाई चली

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

इससे पहले कल सिंजारा मनाया गया बाजारों में तीज की खरीददारी की गई घेवर की दुकानों पर भी बड़ी संख्या में बिकी हुई आज महिलाएं घरों में तीज माता की पूजा अर्चना कर रही है इस बार कोरोना संकमण को देखते हुए जयपूर की प्रसिद्ध तीज माता की सवारी नहीं निकाली जाएगी वहीं करौली स्थित मदन मोहन जी के मंदिर में श्रद्वालुओं को झांकी के ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रह रहे हैं

करौली में आज अल सुबह हुई बारिश से नदियों और बांधों में पानी की आवक हो शुरू हो गई है मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में जयप्र दौसा और करौली में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें